श्री मोदी वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से बातचीत के दौरान लॉकडाउन की अवधि बढाने के मुद्दे पर मशविरा करेंगे कई राज्य सरकारें लॉकडाउन की अवधि बढाए जाने के पक्ष में है हाल ही में प्रधानमंत्री ने विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की थी वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए हुई इस बैठक में तमाम दलों के नेताओं ने इस संकामक रोग से निपटने के लिए प्रधानमंत्री को लॉक डाउन की अवधि बढाने की सलाह दी थी

निषेधाज्ञा वाले इलाके में लोगों के आने जाने पर रोक रहेगी और मेडिकल सुविधाओं के अलावा सभी कारोबार प्रतिष्ठान बंद रहेंगे इस दौरान ईलाज के लिए आने जाने वालों पर कोई रोक नहीं रहेगी

परकोटा क्षेत्र के लिए राज्य सरकार की ओर से नियुक्त नोडल अधिकारी अजिताभ शर्मा ने बताया कि अब शहर के इस इलाके में सैम्पलिंग का काम तेज किया गया है

उन्होंने कहा कि अब शुरूआती लक्षणों वाले लोगों को अलग कर उन्हें क्वारन्टीन करने का काम शुरू किया जाएगा

लॉक डाउन का पालन करवाने और होम क्वॉरेंटाइन किए गए लोगों पर सख्ती और समझाइश का दौर लगातार जारी है

सिरोही जिले के आबूरोड़ में जीआरपी भी आगे आई है

जैसे ही खाना तैयार होता है उसे कंट्रोल रूम में पहुंचाया जाता है जहां से ये भोजन जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाता है

गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना संकमण के फैलाव को देखते हुए प्रदेश के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में मास्क का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है

प्रतापगढ जिले में नर्सिंग कर्मियों ने अनूठी पहल की है इन्होंने एक हजार से ज्यादा मास्क बनवाकर स्वास्थ्य कर्मियों को उपलब्ध करवाए हैं ये मास्क एक से अधिक बार काम में लिए जा सकते हैं साथ ही इन्हें सेनेटाइज भी आसानी से किया जा सकता है उधर झूंझुनू जिले के वारिसपुरा में कई महिला स्वयं सहायता समूह भी मास्क बनाने के काम में जुटे हुए हैं

वहीं राज्य सरकार की ओर से मास्क की अनिवार्यता लागू किए जाने के बाद इन समूहों ने मास्क बनाने के काम में और तेजी लाने का फैसला किया है

राज्यों से कानून व्यवस्था शांति और लोक सदभाव बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाने को कहा गया है राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे सोशल मीडिया पर पैनी नजर बनाये रखें ताकि कोई आपत्तिजनक और फर्जी खबर न फैलाई जा सके गृह मंत्रालय ने राज्यों से इस काम में सामाजिक और धार्मिक संगठनों तथा प्रबुद्ध नागरिकों का सहयोग लेने को कहा है साथ ही राज्यों से ये भी कहा गया है कि वे लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई करें

सप्ताहभर चलने वाला यह अभियान आम जनता के विचार जानने के उद्देश्य से शुरू किया गया है

ट्विटर पर सुझाव भेजते समय एट एचआरडी मिनिस्ट्री और एट डॉक्टर आर पी निशंक को जरूर टैग किया जाना चाहिए श्री निशंक ने कहा कि वे सभी सुझावों पर व्यक्तिगत रूप से गौर करेंगे इधर प्रदेश में राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य की उच्च शिक्षा के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है श्री मिश्र ने कहा कि यह टास्क फोर्स राज्य की उच्च शिक्षा के सामने आने वाली चुनौतियां का परीक्षण कर अपनी सिफारिशें देगी उन्होंने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत युवाओं को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आने दी जाएगी

श्रोता कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी सहायता के लिए केन्द्र और राज्य की ओर से जारी हेल्प लाइन नम्बर पर फोन कर सकते हैं